आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्वाजंलि अर्पित की प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों ने भी श्री वाजपेयी के पार्थिव देह के दर्शन कर उन्हें श्रद्वाजंलि दी दोपहर एक बजे तक लोग उनकी पार्थिव देह के अंतिम दर्शन कर सकेंगे पूर्व प्रधानमंत्री की अंतिम यात्रा का दोपहर डेढ बजे से आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया जायेगा इसे आकाशवाणी के अनेक केन्द्रों से भी रिले किया जायेगा पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार आज शाम चार बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्मृति स्थल में किया जायेगा केन्द्र सरकार ने उनके निधन पर सात दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है

आज केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों और केन्द्रीय उपकमों में दोपहर बाद अवकाश रहेगा शोक की अवधि के दौरान विदेशों में भारतीय मिशनों और उच्चायोगों पर भी राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे इधर राजस्थान सरकार ने भी सात दिन का राजकीय शोक घोषित किया है आज राज्यभर में सरकारी अवकाश है बैंकों में भी अवकाश है उच्च न्यायालय सहित अधीनस्थ न्यायालय खुले हुए है पांचवी और आठवी कक्षा की आज होने वाली फोलोअप परीक्षा स्थगित कर दी गई है

श्री वाजपेयी के निधन से पूरे देशभर में शोक की लहर है गौरतलब है कि कल नई दिल्ली में एम्स में शाम पांच बजकर पांच मिनट पर उन्होंने अंतिम सांस ली

उनकी हालत स्थिर बनी हुई थी लेकिन बुधवार को उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया था श्री वाजपेयी को उनके प्रखर नेतृत्व और प्रभावी व्यक्तित्व के लिए हमेशा याद किया जाएगा प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में पोखरण परमाण परीक्षण क्शल और विवेकपूर्ण आर्थिक नीतियां और व्यापक आधारभूत परियोजनाओं जैसी उपलब्धियों के लिए राष्ट्र हमेशा उनका आभारी रहेगा महिला सशक्तिरण और सामाजिक समानता के पक्षधर श्री वाजपेयी तेज गति से देश के विकास में विश्वास रखते थे पाक विस्थापितों को नागरिकता और दीर्घावधि वीजा सहित अन्य समस्याओं को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने उच्चाधिकारियों की टीम जोधपुर भेजी है ये लोग दो दिन तक संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात कर विस्थापितों की समस्याओं को समाधान करेंगे और प्रशिक्षण भी देंगे टीम के सदस्यों ने कल जिला कलक्टर रवि कृमार सुरपुर एडीएम सिटी और सीमान्त लोक संगठन के अध्यक्ष हिन्दू सिंह सोढ़ा के साथ बैठक की दल ने कहा कि नागरिकता देने के लिए आइबी रिपोर्ट तुरंत ऑनलाइन दी जाएगी इस बात पर भी सहमति बनी कि पाकिस्तान की नागिरकता परित्याग के लिए अब पाकिस्तान एम्बेसी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे

ये लोग अब राजस्थान में परिजनों को फोन कर प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं भरतपुर मथुरा मार्ग स्थित आईओसी पेट्रोल पम्प के पास आज मिनी बस और ट्रक में आमने सामने की टक्कर में मिनी बस चालक की मौत हो गई ये मिनी बस चालक अकेला ही मथुरा की ओर से भरतपुर आ रहा था जबकि ट्रक भरतपुर से मथुरा जा रहा था वहीं चुरु जिले के सादुलपुर में कार और जीप की टक्कर में कार चालक की मौत हो गई

बोर्ड सचिव ने बताया कि इस परीक्षा का मास्टर प्रश्न पत्र और प्रारम्भिक उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड कर दी गई है

जल संसाधन विभाग के अनुसार राज्य में एक जून से अब तक सामान्य बरसात हो चुकी है लेकिन राज्य के अजमेर बांसवाड़ा बाड़मेर बूंदी दौसा हनुमानगढ़ जैसलमेर जालौर जोधपुर पाली सिरोही तथा टोंक जिलों में अभी भी बरसात की कमी बनी हुई हैं राज्य में इस दौरान तीन जिले भरतपुर बीकानेर और सीकर ऐसे हैं जहां सामान्य से अधिक बारिश हुई हैं